इससे पहले केंद्र ने इन चिकित्सा सामग्री पर आयात शुल्क और स्वास्थ्य उपकर हटा दिया था इस छट से निःशुल्क वितरण के लिए कोविड राहत सामग्री का बिना आई जीएसटी भुगतान के निःशुल्क आयात हो सकेगा राज्य सरकारों से आयातकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नोडल प्राधिकरण नियुक्त कराने को कहा गया है

अब तक चार लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है

श्री जोशी ने कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अत्यंत घातक तथा अधिक संक्रामक है

इसके चलते विभिन्न जिलों में बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को क्वारेन्टीन किया जा रहा है

अलवर और चूरू में पुलिस और प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर फ्लेगमार्च कर लोगों से घर में ही रहने की अपील की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में बढते कोरोना संकमण को लेकर फिलहाल शादी समारोह को स्थगित करने की अपील का लोगों पर असर हो रहा है